इस योजना के तहत पांच करोड़ लघु और सीमान्त किसानों को तीन हजार रूपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन देकर उनका जीवन सुरक्षित बनाया जायेगा यह पेंशन साठ साल की उम्र पूरी करने वाले किसानों को दी जायेगी अगले तीन वर्षों के लिए इस योजना के तहत दस हजार सात सौ चौहत्तर करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है अट्ठारह से चालीस वर्ष आयु के सभी छोटे और सीमान्त किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं झारखंड में अब तक एक लाख सोलह हजार किसानों ने इस योजना के लिए अपना नाम दर्ज कराया है केवल दो हेक्टेयर की कृषि योग्य जमीन वाले छोटे और सीमांत किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा कार्यक्रम के शुभारम्भ के बाद प्रधानमंत्री ने रांची के प्रभात तारा मैदान में एक जनसभा को सम्बोधित किया पूरे देश के करोड़ों किसानों को पेंशन सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इसकी शुरूआत इस झारखंड की विरसा मुंडा की धरती से इसका प्रारंभ हो रहा है इतना ही नहीं देश के करोड़ों व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरूआत भी झारखंड से हो रही है मैं इस महान धरती से देशभर के किसानों और व्यापारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं प्रधानमंत्री ने झारखंड के साहेबगंज में विभिन्न प्रकार के यातायात साधनों के मल्टी मॉडल टर्मिनल का लोकार्पण किया यह नदी तट पर बना भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल है उन्होंने रांची में डिजिटल संचार प्रणाली के जरिये इस टर्मिनल का उद्घाटन किया श्री मोदी ने देशभर में चार सौ बासठ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का भी लोकार्पण किया इनमें से उन्हत्तर विद्यालय झारखंड में होंगे प्रधानमंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए व्यापार स्वरोजगार पेंशन योजना का भी शुभारम्भ किया

उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षो में अरबों डॉलर का निर्यात करने की दिशा में आगे बढ़ रही है नई दिल्ली में आज व्यापार बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार निर्यात ऋण के लिए एक योजना बनाएगी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने का काम कर रहा है श्री पीयूष गोयल ने कहा कि बहुत से ऐसे उत्याद हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाया जा सकता है उन्होंने कहा कि तीन करोड़ भारतीय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और वे भारतीय उत्यादों का प्रयोग करना चाहते हैं

ऐसा कैष्शन प्रावधान और भारतीय साइन भाषा के माध्यम से संगव हो सकेगा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 यह व्यवस्था इस महीने की सोलह तारीख से लागू होगी दो वर्ष के बाद इस नीति की समीक्षा की जाएगी केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में छ सौ अड़तीस प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए किचन गार्डन योजना का शुभारम्भ किया इस योजना का उद्देश्य बच्चों को अधिक पौधे फल और सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ दोपहर के भोजन में पोषक तत्वों को बढ़ावा देना है इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री ने जिले के गौरीगंज स्थित नवोदय विद्यालय में आशा कार्य कत्रियों के सम्मेलन की शुरूआत की कार्यक्रम में जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली आशा बहुओं को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे आज नई दिल्ली में भारतीय जन संचार संस्थान में भारतीय सूचना सेवा ग्रुप ए के प्रशिक् अधिकारियों के समापन समारोह में शामिल हुए समारोह को संबोधित करते हुए अमित खरे ने कहा सबसे पहले और सबसे जरूरी सलाह आपको देना चाहूंगाकि आप कठिन परिश्रम करे प्रतिबद्वता के साथ प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और अब तक अब तकनीक के कई प्लेटफॉर्म है और इन उभरती नई तकनीकों को हम सबको जीवनभर सीखते रहना है प्रदेश में राज्यसभा की दो सीटो के उप चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ और सुरेन्द्र नागर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया नामांकन का आज अंतिम दिन था नामांकन पत्रों की जांच कल की जायेगी आवश्यक हुआ तो तेईस सितम्बर को चुनाव कराया जायेगा राज्यसभा की इन दोनों सीटों का कार्यकाल चार जुलाई दो हजार बीस तक है अभी तक किसी और पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल नहीं किया गया है